बैठक से पहले पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत कई नेताओ ने राहल गांधी से मुलाकात की

श्री सैनी ने आज जयपुर में कहा कि प्रदेश में ग्रेस सरकार बनते ही कानून व्यवस्था गड़बड़ा गई है उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जनता से किए अपने वायदे पूरे नहीं किए

बसपा विधायक वाजिब अली ने कहा कि इस मुलाकात के दौरान लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा भी की जाएगी उन्होंने कहा कि बैठक में भविष्य की रणनीति पर भी चेर्चा की जायेगी

इसके लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने गुजराज कीएक निजी संस्था के साथ दो साल का समझौता किया है

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने ट्वीट कर कहा है कि देश स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किये गये सावरकर के बलिदान को हमेशा याद रखेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वीर सावरकर साहस देशभक्ति और मजबूत भारत के प्रति अट्ट आस्था के प्रतीक थे जिन्होंने अनेक लोगों को राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए प्रेरित किया गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने वीर सावरकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा है कि देश के लिए उनका योगदान भावी पीढियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा अनेक राजनीतिक नेताओं ने वीर सावरकर की जयंती पर संसद भवन के सेन्ट्रल हॉल में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किये प्रदेश में भी विनायक दामोदर सावरकर को आज श्रद्वापूर्वक याद किया गया जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में श्रद्वांजलि कार्यक्रम हुआ जिसमें पार्टी नेताओं ने वीर सावरकर को पुष्प अर्पित किया नागौर में वीर सावरकर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए गए और उनके प्रेरक प्रसंग सुनाए गए

साथ ही पेंषनधारी द्वारा घोषित की जाने वाली आय सीमा को आय प्रमाण पत्र के रूप में मानने का निर्णय किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने आज विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए यह जानकारी दी इस निर्णय से जिन लोगों को पेंशन मिल रही है उनको अब आय प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं हैं एवं बॉयोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगाने से ही जीवित प्रमाण पत्र के कारण रूकी पेंशन उनके खाते में आ जाएगी

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यह प्रयास है कि सरकारी स्कूल गुणवत्ता की दृष्टि से देश के बेहतरीन स्कूल बनें श्री डोटासरा ने कहा कि सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को प्रवेश देने के साथ ही उनकी गुणवत्तावूर्ण शिक्षा के लिए भी सतत प्रयास किए जा रहे हैं इसी कारण प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा परिणाम बेहतरीन रहा है जालौर जिले में टिड़डी के आने की आशंका को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है हमारे जालौर संवाददाता ने बताया कि सीीी संबंधित विभागों के अधिकारियों को टिड्डियों पर नियंत्रण के संबंध में विशेष निर्देश दिए गए हैं

छोटे बच्चों में दस्त नियंत्रण के लिए आशा सहयोगिनियों द्वारा साफ सफाई के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा

पाली में इस अभियान का आगाज बांगड़ अस्पताल में हुआ इस मौके पर जिला कलेक्टर ने नौनिहालों को अपने हाथों से ओआरएस का घोल पिलाया तथा आशा सहयोगिनियों को ओरआरएस के पैकेट बांटे

हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि ये हादसा दो तेज रफ़तार जीपों की टक्कर से हुआ

अंतिम संस्कार से पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुधरा राजे ने उनकी पार्थिव देह पर पूष्य अर्पित किए पूर्व गृहमंत्री गुलाबचन्द कटारिया सांसद दीया कुमारी और विधायक किरण माहेश्वरी समेत कई गणमान्य लोगो ने उन्हें श्रद्वांजलि दी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट में राठौड़ के निधन पर संवेदना व्यक्त की

अजमेर जिले में कृषि विभाग ने खरीफ की फसल की बुवाई से पूर्व सघन गुण नियंत्रण अभियान शुरू किया है इसके अंतर्गत जिले में कृषकों को उपलब्ध होने वाले खाद बीज व रसायन आदि की गुणवत्ता की जांच की जाएगी

बांग्लादेश ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है